वर्ष दो हजार बाईस तक प्रदेश में करीब दस हजार सात सौ मेगावाट क्षमता के सौर विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इसमें छः हजार चार सौ मेगावाट यूटीलिटी स्केल सौर विद्यत परियोजना और चार हजार तीन सौ मेगावाट रूफ टाप सोलर पावर प्लाण्ट परियोजना शामिल है यह जानकारी मुख्यमंत्री ने आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से नवीकरण ऊर्जा इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो दो हजार बीस से वर्चुअल रूप से जुड़ने के दौरान दी अन्य प्रदेशों से जुड़े मुख्यमंत्रियों को प्रदेश की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सौर ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए दो हजार सत्रह में प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति लागू की गई थी इसके तहत सोलर पार्क की स्थापना की गयी थी और सौर ऊर्जा को थर्ड पार्टी विक्रय के लिए ओपन एक्सेस दिया गया था इसके तहत ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्टांप ड्यूटी में सौ प्रतिशत छूट व इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में दस वर्ष तक सौ प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत एक हजार एक सौ बाईस मेगावाट क्षमता की सोलर पावर परियोजनाओं का आंवटन किया जा चुका हैं मुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्रों में जो परियोजनाएं स्थापित होंगी उनकी प्रिड कनेक्टिविटी के लिए प्रदेश सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कल उत्तर प्रदेश में चौहत्तर अरब सतहत्तर करोड़ रुपये की लागत वाली सोलह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का श्मारंभ किया और आधारशिला रखी वर्चअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे इन परियोजनाओं के जरिये प्रस्तावित पांच सौ पांच किलोमीटर लम्बी सडके बनने के बाद राज्य में संपर्क सुविघा और आर्थिक वृद्दि में मदद मिलेगी इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दो लाख करोड रुपये की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का कार्य चल रहा है केन्द्र सरकार को धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले छह साल में राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का जितना कार्य हुआ है उतना स्वतंत्रता के बाद पैंसठ वर्ष में भी नही हुआ था देश में तैंतालिस हजार बयासी लोगों में संक्रमण के बाद संक्रमित लोगों की संख्या तिरानबे लाख नौ हजार सात सौ अट्ठासी हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कल कोविड से चार सौ बानबे लोगों के मरने की पृष्टि हई इसके साथ ही मृतकों की संख्या एक लाख पैंतीस हजार सात सौ पन्द्रह हो गई इस समय चार लाख पचपन हजार पांव सौ पचपन रोगियों का उपचार चल रहा हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान उन्तालिस हजार तीन सौ उन्यासी लोग कोरोना से स्वस्थ हए है देश में कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या सतासी लाख अट्ठारह हजार पांच सौ सत्रह हो गई है स्वस्थ होने की दर तिरानबे दशमलव छह पांच प्रतिशत हो गई है देशभर में पिछले चौबीस घंटों के दौरान ग्यारह लाख इकतीस हजार कोविड नमूनों की जांच की गई अब तक तेरह करोड़ सत्तर लाख से अधिक जांच की गई हैं केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने योजनाबद्व तरीके से जांच की मूलभूत सुविघाओं में विस्तार किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लोगों से अपील की है कि कोविड की रोकथाम से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करें इस बीच कोविड मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए आज और अगले शुक्रवार चार दिसंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कामकाज बंद रहेगा कोविड से ठीक होने वाले मरीजों की दर में और इजाफा करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में एक भी व्यक्ति की मौत इस बीमारी से होती है वहां के जिलाविकारियों से मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय को विस्तत रिपोर्ट भेजी जाए इसके अलावा उन्होंने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य से इन जिलों के विकित्सा संस्थानों के प्रमुखों के साथ बातचीत करके बेहतर रणनीति तैयार करने के निर्देश दिये

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विंटेज मोटर हीकल्स की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम उन्नीस सौ नवासी में संशोधन करने के लिए सुझाव मांगे हैं वर्तमान में विरासत मूल्य के वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया को नियमित करने के लिए कोई नियम नहीं हैं सभी दोपहिया और चार पहिया वाहन जो व्यक्तिगत उपयोग में हैं और पहली पंजीकरण की तारीख से पचास वर्ष से अधिक प्राने हैं विंटेज मोटर वाहनों के मसौदा नियमों के तहत आते हैं इनमें आयातित वाहन भी शामिल हैं इसका उद्देश्य भारत में पुराने वाहनों की विरासत को संरक्षित करना और बढ़ावा देना है